प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किया यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे वर्च्यअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार तेजी से शहरीकरण के जरिये चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि यह भविष्य की जरूरतों के लिए शहरों का विकास करने का प्रयास है यह सरकार के त्वरित सुशासन उपलब्ध कराने के प्रयासों से संभव हुआ है

इस रेलगाड़ी में फूलगोभी शिमला मिर्च पत्ता गोभी सहजन मिर्च और प्याज जैसी सब्जियों के साथ अंगूर संतरा अनार केला और शरीफा तथा अन्य फल सब्जियां ले जाई जाएंगी मार्ग पर गाड़ी रुकने पर इन वस्तुओं के उतारने और लादने की अनुमति रहेगी और खेप के आकार पर कोई सीमा नहीं रहेगी

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली किसान रेल इस वर्ष सात अगस्त को देवलाली से दानापुर के लिए शुरू की गई थी जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढा दिया गया था

यह खण्ड स्थानीय उद्योगों जैसे कानपूर देहात जिले में एल्यूमीनियम उद्योग औरैया जिले में डेयरी क्षेत्र इटावा जिले में कपड़ा उत्पादन फिरोजाबाद जिले में कांच के सामान का उद्योग और अलीगढ़ जिले में ताले और हार्डवेयर उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आइआइएम रांची के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया आइआइएम के विधार्थियों को संबोधित करते हए उन्होंने प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया

कार्यक्रम के दौरान आईआईएम के तीन विभागों के टॉप पांच विधार्थियों को मेडल प्रदान किया गया जबकि दो सौ बहतर विधार्थियों के बीच डिग्री और डिप्लोमा का वितरण किया गया

सिंध् सीमा पर संवाददाताओं से बातचीत में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेन्द्रर यादव ने कहा कि नये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सभी किसान नेताओं और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का परस्पर सहमति से निर्णय लिया है ब्रहस्पतिवार को केन्द्र सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर नये सिरे से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों का राज्य के किसानों ने समर्थन किया है पूर्वी सिंहभूम जिले के पीपला पंचायत निवासी किसान रामकृष्ण महतो कहते हैं कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है किसान मणि गोपाल महतो भी कृषि कानूनों के पक्ष में हैं उनका कहना है कि इन कानूनों से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा

इस दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन वर्चअल तरीके से नवनिर्मित समाहरणालय भवन बरही उपकारा चार प्रखंडों के नए भवनों और सामुदायिक भवन का उदघाटन करेंगे इस मौके पर कई योजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी और लाभुकों के बीच परिसंपतियों का वितरण भी किया जाएगा

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य की हेमन्त सोरेन सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर देना चाहती है बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी पुलिस और होमगार्ड के आंदोलनरत जवानों के साथ है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर संतानबे दशमलव सात दो प्रतिशत तक पहंच गई है पिछले चैबीस घंटो में एक सौ चौतीस संक्रमितों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख ग्यारह हजार छह सौ चौसठ हो गई है पिछले चौबीस घंटे में एक सौ बाईस नए संक्रमितों की भी पहचान हुई है राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब एक लाख चौदह हजार दो सौ अड़सठ हो गई है हालांकि इनमें एक हजार पांच सौ पचासी केस ही सक्रिय हें राज्य में संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है डीजीपी एमवी राव ने अपना निजी मोबाईल नं जारी करते हए आम लोगों से अपील की है कि वे आपराधिक गिरोहों के बारे में जानकारी दें उन्होंने कहा है कि सुचनादाताओं की पहचान गुप्त रखी जाएगी गौरतलब है कि हाल के दिनों में राज्य में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं इंस्पायर अवार्ड के लिए राज्य से एक हजार एक सौ अस्सी छात्र छात्राओं का चयन किया गया है इन्हें दस दस हजार रूपये की सहयोग राशि दी जाएगी इस राशि से विधार्थी जिला और राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगे इसके बाद अंतिम रूप से पहले तीन स्थानों पर आने वाले छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा

विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान चुने गए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले महेन्द्र सिंह धोनी दशक की सर्वश्रेष्ठ वन डे टीम में जगह बनाने वाले तीन भारतीयों में से एक हैं टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी जगह मिली है

आज एक और ऑनलाइन समारोह आयोजित होगा जिसमें दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किए जाएंगे भारत और आस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सिरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न में हो रहा है मैच के तीसरे दिन आज भारत ने अपनी पहली पारी में तीन सौ छब्बीस रन बनाकर एक सौ एकतीस रनों की बढ़त प्राप्त की इसके जबाब में ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट के नुकसान पर एक सौ तैंतीस रन बना लिए हैं ताजा समाचार मिलने तक कैमरून ग्रीन और पैट कमिन्स क्रीज पर थे

उन्होंने मतदाताओं से प्राप्त आवेदनों की जांच भी की रामगढ़ जिले के दुलमी पतरातू और माण्डू प्रखण्डों के विभिन्न गांवो में जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया इस दौरान कलाकारों के जत्थे ने लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी कांग्रेस पार्टी आज अपना एक सौ छतीसवां स्थापना दिवस मना रही है राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है स्थापना दिवस के मौके पर पाकड़ जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसका नेतृत्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया